मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने खरीफ की चौदह फसलों के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है

ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार सात सौ सत्तर रूपये प्रति क्विंटल हो गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों से बातचीत में खरीफ फसल के लिए सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था केन्द्र सरकार के खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी के फैसले को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ऐतिहासिक फैसला बताया है आज मिर्जापुर के विन्ध्याचल में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है उन्होंने कहा कि आज का दिन किसान हमेशा दीपावली के रूप में मनायेगा क्योंकि आज किसानों की वर्षो पुरानी मांग पूरी हुई है इस कदम से देश के गांवों को ताकत मिलेगी

कई सालों तक आन्दोलन हुए

आज का दिन किसान हमेशा दीपावली के रूप में मनायेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जल्द ही कई और बड़े फैसले लेने वाली है अमित शाह प्रदेश के दो दिनों के दौरे पर आज मिर्जापुर पहुंचे उन्होंने विन्ध्याचल में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने तथा किसानों की खुशहाली को बढ़ाने में केन्द्र सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा

प्रदेश में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एक कार्य योजना बनाकर गम्भीरता से कार्य कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है गत माह केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों क हित में घोषित किए गए चीनी उद्योग पैकेज के साथ साथ खरीफ फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि सम्बन्धी आज के इस निर्णय का प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा केंद्र सरकार द्वारा धान के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा देने से प्रदेश में किसान बेहद खुश है किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है पीलीभीत जनपद के किसान सुखलाल वर्मा ने पीलीभीत प्रतिनिधि सतीश बाबू को बताया अभी तक धान का समर्थन मूल्य काफी कम था जिससे हम लोगों की लागत नहीं निकलती थी अब मोदी सरकार ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है जिससे हम लोगों की खेती में काफी फायदा होगा दलहनी और तिलहनी फसलों के दाम भी बढ़ा दिये गये हैं जिससे हम लोगों की आमदनी दोगुनी हो जायेगी

बरेली के किसान सुधीर कुमार ने हमारी प्रतिनिधि नाजिया अंजुम ने बताया ये बहुत अच्छा फैसला किया है उन्होंने जो गरीब किसान है उनकी उपज भी बढ़ेगी उनको पैसा भी मिलेगा और उनका धन भी अर्जित होगा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

सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नाम बदलने का फैसला किया है

केन्द्रीय खेल मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार ने नाम में बदलाव करने के साथ ही इसे और चुस्त दुरूस्त बनाने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के खाने के लिए दैनिक खर्च बढ़ाया जायेगा और उसके लिए कमेटी भी गठित की जायेगी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण नहीं दिये जाने को लेकर नोटिस जारी किया है आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल ने लखनऊ में आज संवाददाताओं को बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन आरक्षण न देकर संवैधानिक प्राविधानों न्यायायिक निर्णयों और प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन कर रहा है उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्णयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी आदेशों से यह बार बार स्पष्ट होता रहा है कि अलीगढ़ मूस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून के तहत स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य है उन्होंने कहा कि आयोग ने आज विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में नोटिस जारी किया है और उनसे आठ अगस्त तक नोटिस का जवाब देने को कहा है श्र ब्रजलाल ने कहा है कि स्पष्टोकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अगली कार्रवाई को जायेगी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों म हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तराई के जिलों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई दिनों से बारिश हो रही है इसके साथ ही नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से बहराइच जिले की चार तहसीलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है विभिन्न बैराजों से लगभग साढ़े चार लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद जिले में सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है अयोध्या में भी सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है शारदा नदी में बनबसा बैराज से एक लाख तैंतीस हजार क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद पीलीभीत के रमनगरा और हजारा इलाकों में आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी में घिर गये हैं और सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है गंगा का जलस्तर भी वाराणसी इलाहाबाद मिर्जापुर और बलिया तेजी से बढ़ रहा है